आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए मतभेद या नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर मस्जिद गिरजाधर गुरूद्वारा और किसी भी उपासना स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटती और डहक्टर हर्षवर्धन ने आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के विचारक श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पृष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा परिवार को शुभकामनाएं दी हैं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में पीढी दर पीढी संस्कार स्थानांतरित होते रहते है यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बडी पार्टी है और केन्द्र के साथ अधिकांश राज्यों में हमारी सरकारें है

सभी राजनैतिक दलो के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुवह ओडिसा के सुंदरगढ़ में एक चुनावी सभा को सम्बोधित किया श्री मोदी आज ही ओडिसा के शोणितपुर छत्तीसगढ़ के बालोद और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को सम्बोधित करेंगे कांप्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड के श्रीनगर अल्मोड़ा और हरिद्वार में जनसभाएं करेंगे उधर असम में लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है इन दोनों चरणों में दस सीटों के लिये वोट डाल जाएंगे और बाकी की चार सीटों के लिये तीसरे चरण मतदान होगा सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न मुदुदों पर मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटे है

इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे

वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जहाजरानी मंत्री रह चुके हैं श्री सिन्हा ने भाजपा के टिकट पर दो बार बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया

कांप्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पटना साहिब से केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को टिकट दिया है

आज से भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है राजधानी भोपाल में सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वहीं पवित्र नदियों के घांट पर लोगो ने स्नान और पूजा अर्चना की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी गुड़ी पड़वा और चेटीचांद पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं इंदौर में गुड़ी पडवा पर्व की शुरूआत राजवाडा पर सूर्य को अर्ध्य देकर हुई इस मौके पर नगर के कई लोगों के साथ महाराष्ट्रीयन समाज की महिलाएं ने हत्दी कुंमकुंम लगाकर एकदूसरे को बधाई दी सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मैहर स्थित मॉ शारदा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहॅचने का सिलसिला जारी है यहां प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं

शिवपुरी जिले सहित अनेक जिलों में चैत्र नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और साथ ही नववर्ष अभिनंदन के कई जगह कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं